यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रक्षेपण यान चांद की सतह पर उतरेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम को चांद की कक्षा से निकालकर चांद की सतह पर सहजता से उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है ये महत्वपूर्ण और सबसे जटिल प्रक्रिया आज देर रात एक से दो बज के बीच की जाएगी

अब तक हमने जितने आपरेशन किए हैं वह आर्बिटर पर किए है इसरो इस प्रक्रिया को पहली बार करने जा रहा है वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर को चांद की सतह पर उतारने में उसकी गति धीमी करने और उसे संतुलित करने के लिए पांच थ्रस्टर लगाए गए हैं उतरने के लगभग चार घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा रोवर चांद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भेजेगा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस दौरान मानवीय नियंत्रण सही नहीं रह सकता क्योंकि धरती पर स्टेशन और चंद्रयान के संदेश भेजने के समय में अंतर रहेगा

ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए वे बेंगलूरू में इसरो केंद्र जाने के लिए बेहद उत्साहित हैं

उन्होंने लोगों स सोशल मीडिया पर अपनी तस्वींरे भी डालने को कहा जिसमें से कुछ को वे रिट्वीट करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी आज रात बेंगलूरू पहुंचेंगे और इन गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे

बंगलूरू जाने से पहले उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर काफी खुश है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात होगी

अपने परीक्षणों के बल पर वैज्ञानिक और इंजीनियर आत्मविश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर आग बढ़ रहे हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू न कहा है कि भारत कभी भी आक्रामक देश नहीं रहा और उसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही समूचे विश्व को एक परिवार माना है उपराष्ट्रपति ने कहा कि समस्याओं का निराकरण बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चूनिन्दा भाषणों के दूसरे संग्रह का विमोचन कर रहे थे

श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति देश को अन्नदाता किसान वैज्ञानिक पेशेवरों और सबसे बढ़कर बहाद्र जवानों के योगदान की याद दिलाते हैं उप राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद नौकरशाही में प्रवेश करने वाले यूवाओं को संविधान की भावना की रक्षा के लिए उत्कृष्ट विचार अपनाने की प्रेरणा देते हैं वेंकैया नायडू जोड़ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रकाशित पुस्तकों का परिचय देत हुए कहा कि इनमें भारत की संस्कृति बदलती दुनिया और शिक्षा के बारे में राष्ट्रपति के भाषणों के साथ साथ संसद में उनके भाषणों का संकलन शामिल है श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है एक अपना खुद का विचार उनका समाज के बारे में शिक्षा के बारे में संस्कृति के बारे में सामाजिक सद्भाव के बारे में वो है और उसको वो बहुत अच्छी तरह से आर्टीकुलेट करके प्रकट करते हैं कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण सचिव अमित खर के अलावा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी भवनों के साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों म वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाया जाएगा जल्दी ही राज्य सरकार भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण कानून सख्त करने जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि जल संरक्षण के लिए सरकार व्यापक जन जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर से स्वच्छता ही सेवा और प्लास्टिक पालिथीन मुक्त ब्रज अभियान का शुभारम्भ किया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री शर्मा ने एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि प्लास्टिक प्रत्येक रूप में स्वास्थ्य के लिय नुकसानदायक है गौवंश द्वारा इसे खाने से उसके स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करना है और ब्रज क्षेत्र को स्वच्छता का मॉडल बनाना होगा श्री शर्मा ने बताया कि दो अक्टूबर तक प्रदेश के सभी परिवारों में शौचालय का निर्माण करा दिया जायेगा बाइट स्वच्छ भारत होगा तो स्वास्थ्य भारत होगा आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है उनको हम एक स्वच्छ पर्यावरण दे स्वच्छ जल दे स्वच्छ वायु दे और पृथ्वी को बचाने का हम सब लोग काम करे इसीलिए प्लास्टिक मुक्त पॉलिथीन मुक्त भारत अभिान का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी ग्यारह तारीख को इस ब्रज की भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि से कर रहे हैं

प्रदेश में बनने वाले बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा ने दो हजार करोड़ रूपये के ऋण को स्वीकृति दे दी है

गौरतलब है कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना राज्य सरकार की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके निर्माण से प्रदेश के इस पिछड़े क्षेत्र का बहुमुखी विकास संभव है इस एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई दो सौ छियानवे किलोमीटर है यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारो अवनोश अवस्थी ने बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना की बताया कि निर्माण लागत चौदह हजार आठ सौ पचास करोड़ रूपये अनुमोदित की गई है जिसके वित्त पोषण के लिये सात हजार करोड़ रूपये का ऋण विभिन्न बैंकों से लिये जाने के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृत किया है